भोपाल से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को राहत एनआईए की विशेष अदालत ने चुनाव लड़ने से रोकने से किया इंकार प्रदेश में फिर तीखे हुए गर्मी के तेवर इंदौर होशंगाबाद और चंबल संभागों में लू चलने की आशंका

नामांकन भरने का कल अंतिम दिन था शुक्रवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे इस चरण में प्रदेश की आठ लोकसभा सीटों मुरैना भिण्ड ग्वालियर गुना सागर विदिशा भोपाल और राजगढ में चुनाव होंगे प्रदेश में नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन कल तक कल एक सौ उनहत्तर अभ्यर्थियों के दो सौ तैतीस नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं भोपाल में डमी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी आलोक संजर का नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी ने रदद कर दिया पार्टी द्वारा उन्हें बी फार्म जारी नही किया गया था अब भोपाल लोकसभा सीट से पैतीस प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं

इस संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं भाजपा प्रत्याशी के पी यादव के बीच मुख्य मुकाबला है

एक निर्दलीय प्रत्याशी नेहा राठौर का नामांकन खारिज हुआ नामांकन लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में उन्नीस मई को वोट डाले जायेंगे इस चरण में प्रदेश के आठ लोकसभा क्षेत्रों इंदौर उज्जैन देवास धार मंदसौर रतलाम खरगौन और खण्डवा में मतदान होगा यहां अधिसुचना जारी होने के बाद से ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है खण्डवा में आज कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव और भाजपा प्रत्याशी नंदक्मार सिंह चौहान ने अपना पर्चा दाखिल किया वहीं मंदसौर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुधीर ग्रुप्ता और सईद अहमद द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया उधर रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जी एस डामोर ने भी आज पर्चा दाखिल किया चुनाव प्रचार प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार रफ्तार पकड़ने लगा है यहां चार चरणों में मतदान होना है

लिहाजा इन लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार के आखिरी तीन दिन बचे हैं ऐसे में स्टार प्रचारकों के दौरे भी बढ़ गये हैं छब्बीस अप्रैल को भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने का कार्यक्रम है इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने कल जबलपुर और शहडोल जिले में रैलियों को संबोधित किया था विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज रीवा में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में शामिल हुईं इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा को जिताने की अपील की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाडा जिले में जनसभाओं को संबोधित किया तो वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डिण्डौरी के मेहंदबानी में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे इस दौरान श्री नाथ ने कर्जमाफी का वादा दोहराते हए भाजपा नेताओं पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया

मुंबई की विशेष अदालत ने सुश्री ठाक्र को चुनाव लड़ने से रोकने से इनकार कर दिया है

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि न्यायालय के पास ऐसा कोई कानुनी अधिकार नहीं है कि वह किसी को भी चुनाव लडने से रोक सके अदालत ने कहा कि यह तय करना निर्वाचन अधिकारियों का काम है सुश्री ठाक्र इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं शिकायत दर्ज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जबलपुर उप जिला निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई गई है भाजपा मीडिया सेल की ओर से की गई शिकायत में श्री गांधी की की सिहोरा में हई जनसभा का हवाला दिया गया है जिसमें श्री गांधी ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी निर्वाचन आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच का भरोसा दिलाया है उधर शिवपूरी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के खिलाफ कांग्रेस की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है जिसकी जांच एसडीएम करेंगें गौरतलब है कि श्री भार्गव ने शिवपूरी में एक रैली के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को कथित तौर पर देख लेने की धमकी दी थी मतदाता जागरुकता लोकसभा चुनाव में लोगों की भागीदारी बढाने के लिए प्रदेश में इन दिनों लगातार जागरुकता अभियान चलाये जा रहे हैं

जिसमें लोगों का मतदान के लिए प्रेरित किया जायेगा इसके अलावा भी जिले में जागरुकता रैली रंगोली प्रतियोगिता ईवीएम वीवीपैट प्रदर्शन के जरिये लोगों को जागरुक किया जा रहा है उधर देवास जिले में भी मतदाताओं को जागरुक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

ग्ना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कलेक्ट्रेट परिसर में महिला बाल विकास विभाग की कर्मचारियों और शहर की युवतियों द्वारा आकर्षक रंगोली बनाकर अधिकतम मतदान का संदेश दिया गया वहीं जिले की ग्राम पंचायत टोडरा राधौगढ में मतदाताओं को जागरुक करते हुए लोगों से मतदान संकल्प पत्र भरवा रहे हैं टीकमगढ़ शाजापुर श्योपुर आगर मालवा मण्डला विदिशा रीवा सहित विभिन्न जिलों से जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं नाराज सांसद सागर से भाजपा सांसद लष्मीनारायन यादव ने टिकिट वितरण पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि वे सागर लोकसभा सीट पर भाजपा का चनाव प्रचार नही करेंगे उन्होंने आज संवाददाताओं से कहा कि उनको टिकिट नहीं दिया गया इससे वे नाराज नही है बल्कि जिसको टिकिट दिया गया है वह योग्य नही है उन्होंने नाम लिये बिना टिकिट हाईजैक करने का आरोप भी लगाया गौरतलब है कि भाजपा ने नगर निगम सागर के अध्यक्ष राजबहादुर सिंह को प्रत्याशी बनाया है हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने श्री यादव की नाराजगी से इनकार किया है विदिशा के सिरोंज पहुंचे श्री झा से मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट कोई हाईजैक नहीं कर सकता मौसम प्रदेश में एक बार फिर गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं पिछले चौबीस घण्टों के दौरान सागर होशंगाबाद इंदौर ग्वालियर चंबल और उज्जैन संभागों के जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किये गये

खण्डवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में दिन का अधिकतम तापमान तिरतालीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया गर्मी बढ़ने सेलोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने इंदौर होशंगाबाद और चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं लू चलने की आशंका जताई है विभाग ने इस दौरान लोगों से सूर्य की किरणों के सीधे संपर्क में आनें से बचने की सलाह दी है विभाग ने हल्के रंग के सूती रंग के कपड़े पहनने अपने सिर को कपड़े या टोपी से ढककर रखने और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करने की सलाह दी है